प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से न्यायालय की सहायता के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी भेजने को कहा है

आज बीकानेर के ड्गरगढ में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनायी

सभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पिछले पांच साल में देष में बेरोजगारी बढी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आते ही घोषणा पत्र में किये वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तथा प्रदेष प्रभारी सहित वरिष्ठ नेताओं ने आज पीपाड में भी जनसभा की प्रदेष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल जयप्र के जमवारामगढ़ में दौसा जिले के भाण्डारेज में तथा भरतपुर जिले के कामां में जनसभाओं को संबोधित करेंगे

उधर प्रतापगढ में आज लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजप्रोहित ने विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों में नवाचार करने के निर्देश दिए धौलपुर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण विभाग के आवासीय छात्र छात्राओं को मोक पोल द्वारा मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई टोंक में स्वीप कार्यक्रम में दिव्यांग मतदाताओं को ईवीएम वीवीपेट के बारे में जानकारी दी गई जिला निर्चाचन अधिकारी आर सी ढेनवाल ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान केन्द्र तक लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है इस बीच बाड़मेर के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर लोकसभा चुनाव के मददेनजर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना अनुमति अवकाश लेने और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है

एक प्रेस वक्तव्य जारी कर श्री राठौड ने कहा कि श्री गहलोत देष की सेना पर शंका कर आतंकियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं

महाराष्ट्र के नागपुर से आए भाजपा नेता असलम खान ने श्री गडकरी की ओर से ख्वाजा साहब की पवित्र मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए और देश में अमन चैन खुशहाली और भाईचारे की कामना के साथ मुल्क की तरक्की की दुआ की

श्री सावंत ने आज मण्डल मुख्यालय में अभियन्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करते हुए मण्डल अपने स्तर पर आवास निर्माण को पूरा करवाये उन्होंने कर्मचारियों के लम्बित मामलों डीपीसी पैंशन प्रकरण और विचाराधीन जांचों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश भी दिये

कंपनी ने आज नई दिल्ली में कहा कि अब उसके सभी लैंडलाइन ग्राहक मुफ्त हाई स्पीड होम वाईफाई सेवा का आनंद ले सकते हैं ब्रॉडबैंड एक्टिवेशन की पुरी प्रकिया को सरल बनाया गया है और अब सिर्फ एक कॉल करके इसका उपयोग किया जा सकता है सभी वायरलाइन ग्राहक बीएसएनएल के टोल फी हेल्पलाइन पर अपने पंजीकृत मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से कॉल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं वाईफाई स्थापना शुल्क भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है

नहरबंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति प्रभावित ना हो इसके लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है गौरतलब है कि इस नहर से प्रदेश के कई जिलों में जलापूर्ति होती है

जिले के एक केन्द्र सारोला में दोनों ही खरीद की जाएगी एफसीआई और तिलम संघ केवल गेहूं की खरीद करेंगे वहीं राजफैड चना और सरसो की खरीद कर रहा है

सभी खरीद केन्द्र ककी निगरानी वेब कैमरों से की जा रही है

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के संरक्षण और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना है इस बार का विषय है भरोसेमंद स्मार्ट वस्तुएं उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है कि हर खरीददार या उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पदार्थो और सेवाओं की गुणवत्ता मात्रा शुद्धता दाम और मानदंड के बारे में जानने का पूरा अधिकार है विश्व उपभोक्ता दिवस पर आज प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ब्रंदी में जिला रसद विभाग की ओर से विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया नागौर में आज विश्व उपभोक्ता दिवस पर कलेक्ट्रेट में संगोष्ठी का आयोजन किया गया बाड़मेर में सूचना केन्द्र में प्रदर्शनी लगाई गई जिला कलेक्टर हिमांश गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया जिला कलेक्टर गुप्ता ने आमजन तक उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी सरल तरीके से पहुंचने के निर्देश दिए

खूद अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य भी बैठक में नहीं पहुंचे जिससे मधु वर्मा ही प्रधान के पद पर बनी रहेंगी अलवर शहर में आज सुबह एक मकान में पैंथर आ जाने से अफरा तफरी मच गई वन विभाग की टीम ने बडी मुश्किल से दोपहर में उसे पकड़ने में सफलता पाई